ये बात उन्होंने आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही

जयराम ठाकर ने उदघाटन समारोह और प्रधानमंत्री के अभिभाषण को देखने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक लोगों को जोडने का आग्रह किया

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग से प्रदेश में रोज़गार व्यापार और यातायात को बढ़ावा भिलेगा

बघाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके जन्म दिवस पर राज्य सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाए दी हैं राज्यपाल ने राष्ट्रपति से द्रभाष पर बात करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य निरामय जीवन और दीर्घायु की कामना की है राज्यपाल ने कहा कि देशहित में राष्ट्रपति की तेजस्वी सोच और मात्रभूमि के प्रति समर्पण की भावना अतुल्य है मुख्यमंत्री ने अपने बघाई संदेश में देशवासियों के कल्याण के प्रति राष्ट्रपति के समर्पण को अनुकरणीय बताते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आज शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से मुलाकात की उन्होंने संसद में सेब के मुददे को उठाने के लिए सुरेश कश्यप का धन्यवाद किया बरागटा ने शिमला जिला में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए हवाई अंडडे के विस्तार का मामला केन्द्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह भी किया

बरागटा ने कहा कि ऐसा करने से हर कार्यकर्ता तक पार्टी की पहच होगी जिससे संगठन को और अधिक मज़बूती मिलेगी